श्री मोदी कल शाम नई दिल्ली में अपने आवास पर केन्द्र सरकार के सभी सचिवों के साथ बातचीत कर रहे थे

प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया पहल के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि सभी मंत्रालय स्पष्ट लक्ष्यों के लिये पंचवर्षीय योजना दस्तावेज तैयार कर उन्होंने इस संदर्भ में स्पष्ट प्रगति की जरूरत पर भी बल दिया श्री मोदी ने सभी मंत्रालयों के सचिवों से कहा कि वह भारत को पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में काम करे उन्होंने कहा कि व्यापार को आसान बनाने में भारत की प्रगति छोटे कारोबार और उद्योगों के लिये ज्यादा से ज्यादा सुविधायें और सुगमता नजर आनी चाहिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के शिखर सम्मेलन में भाग लने के लिए गुरूवार को किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जा रहे हैं शुक्रवार को होने वाली इस शिखर बैठक में आतंकवाद और उग्रवाद का मुकाबला करने तथा बहुद्देशीय आर्थिक सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी श्री मोदी शिखर सम्मेलन के मुख्य कार्यक्रम से हटकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे पश्चिम एशियाई देशों के साथ संबंधों को कायम करने के लिये शघाई सहयोग संगठन एक प्रभावी मंच है इस संगठन में भारत सहित आठ देश शामिल है और यह दुनिया की लगभग बयालीस प्रतिशत आबादी का प्रतिनिधित्व करता है राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को प्रदान की जा रही पेंशन राशि में सौ रूपये की बढ़ोत्तरी कर दी है यह फैसला आज लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया इस योजना के तहत साठ वर्ष से उन्यासी वर्ष की आयु के लाभार्थियों को अब पेंशन राशि के रूप में पांच सौ रूपये प्रतिमाह मिलेंगे

मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली दो हज़ार उन्नीस को मंज्री प्रदान कर दी है इस फैसले से बीएड अहर्ताधारी अभ्यर्थियों को सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त होने का मौका मिल सकेगा बैठक में संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में सीनियर रेजिडेन्ट के पद पर नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव को भी अनुमोदित कर दिया गया है निर्णय के अनुसार इस पद पर नियुक्ति के लिये आयु सीमा सैंतीस वर्ष निर्धारित कर दी गई है अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़े वग के अभ्यर्थियों के मामले में आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट रहेगी मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में माइक्रो बिवरी की स्थापना के लिये उत्तर प्रदेश माइक्रो ब्रिवरी नियमावली दो हज़ार उन्नीस के जारी करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है निर्णय के अनुसार माइक्रो ब्रिवरी स्थापना के लिये लाइसेंस फीस पच्चीस हजार रूपये से बढ़ा कर ढाई लाख रूपये कर दी गई है माइक्रो ब्रिवरी की स्थापना के लिये कोई व्यक्ति जो होटल रिजार्ट रेस्टोरेन्ट और वाणिज्यिक क्लब के लिये बार लाइसेंसधारी हो संबंधित जनपद के जिलाधिकारी के माध्यम से आबकारी आयुक्त को आवेदन कर सकेगा इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने जिन प्रस्तावों को मंजूरी दी है उनमें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायबरेली की भूमि पर बने भवनों का ध्वस्तीकरण और सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष दो हजार अट्ठारह उन्नीस में जारी वित्तीय स्वीकृतियां शामिल है

यह मानक अगले साल पहली अप्रैल से प्रभावी होगा मानक के तहत केवल वही वाहन देश में पंजीकृत और बेचे जायेंगे जो इन मानकों का अनुपालन करेंगे यह मानक स्तर अतंर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप है वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने आज नई दिल्ली में कृषि संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ पहली बार बजट पूर्व बैठक की इस दौरान श्रीमती सीतारमन कृषि क्षेत्र के विकास को तेज करने और किसानों की आमदनी दोगुनी करने के बारे में विभिन्न कृषि संगठनों और कृषि अर्थशास्त्रियों स विचार विमर्श किया वित्त मंत्री प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और औद्योगिक उत्पादकता बढ़ाने सहित कई विषयों पर व्यापारिक और औद्योगिक संगठनों से सलाह मशविरा भी करेंगी आगामी पांच जुलाई को आम बजट पेश किया जायेगा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

कैलाश मानसरोवर यात्रा आज से शुरू हो गई है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली से तीर्थ यात्रा के लिये पहला जत्था रवाना किया इस अवसर पर श्री जयशंकर ने कहा कि यात्रा के संचालन से संबंधित सभी सरकारी एजेंसियों से यात्रा के दौरान सुरक्षा और संरक्षा को शीर्ष प्राथमिकता देने को कहा गया है उन्होंने कहा कि यात्रा के सिलसिले में हाल ही में सरकार ने जो ज़रूरी क़दम उठाये हैं उनमें नाथुला मार्ग को वाहनों से यात्रा के लिये खोलना शामिल है उन्होंने कहा कि इस यात्रा के लिये क़रीब तीन हज़ार आवेदन पत्र मिले हैं विदेश मंत्री ने तीर्थ यात्रा के आयोजन में चोन के सहयोग की सराहना की है उन्होंने कहा कि इस सहयोग से दोनों देशों के बीच मित्रता और समझ को प्रोत्साहन मिलेगा प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है बुन्देलखंड सहित अन्य क्षेत्रों में कई स्थानों पर तापमान में निरन्तर बढ़ोत्तरी हो रही है तेज़ गर्मी की वजह से आम जन जीवन प्रभावित है और अनेक जगहों पर पानी का स्तर काफो नीचे चला गया है बांदा उन्चास डिग्री सेल्सियस के साथ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा वहीं झांसी में अड़तालीस डिग्री सेल्सियस तापमान रिकार्ड किया गया जौनपुर में अधिकतम तापमान साढ़े सैंतालीस डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है कन्नौज में कई दिनों से तापमान तैंतालीस से छियालीस डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है आज यहां का अधिकतम तापमान चौवालीस डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया है मौसम विभाग ने प्रदेश में आगामी दो दिनों के दौरान कई जगहों पर गरज चमक के साथ आंधी और हल्की बारिश की संभावना जताई है सर्वोच्च न्यायालय ने आज पत्रकार प्रशांत कनौजिया को जमानत दे दी है कनौजिया को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सोशल मीडिया में कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था न्यायमूर्ति इन्दिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ ने कहा कि स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार है और इस सिलसिले में कोई समझौता नहीं किया जा सकता लेकिन पीठ ने यह भी कहा कि जमानत पर रिहा करने का मतलब यह नहीं कि न्यायालय सोशल मीडिया पर पत्रकार के टवीट्स और पोस्ट का अनुमोदन करती है शीर्ष अदालत ने यह व्यवस्था पत्रकार की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका का संज्ञान लेते हुए दी है वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार तनाव कम करने और बहु पक्षीय व्यापार प्रणाली में भरोसा बहाल करने का आहवान किया है

जापान अमरीका ब्रिटेन चीन फ्रांस सिंगापुर कनाडा ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री पीयूष गोयल ने भारतीय उत्पादों के लिए समुचित बाजार पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर दिया उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार और निवेश में बाधा सबके लिए गम्भीर चिंता का विषय है क्योंकि इससे आर्थिक वृद्धि विकास और रोजगार सृजन पर प्रतिकूल असर पड़ता है भारतीय जनता पार्टी के सांसद वीरेंद्र कुमार लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर होंगे

श्री कुमार मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से लोकसभा चुनाव जीतकर सातवीं बार लोकसभा के सदस्य बने हैं

समाप्त